मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में वी वी पैट का प्रयोग भी होगा अति संवदेनशील केन्द्रों पर वेब कास्टिंग की जायेगी अशोक तंवर ने कहा है कि कांग्रेस ब्रे दौर से ग्ज़र रही है और पार्टी को चिंतन और मनन की जरूरत तंवर ने कांग्रेस पर प्रतिनिधित्व के मामले में कई समुदायों को नकारने का आरोप भी लगाया उत्तरप्रदेश के म्ख्यमंत्री कल यम्नानगर में एक जन सभा को सम्बोधित करेंगे हिसार के हांसी जिले के बाटला गांव में ट्रक और आटो की टक्कर में दो मजदूर मारे गये मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा के आम च्नाव और पंजाब में चार विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उप च्नाव के सम्बध में आदर्श आचार संहिता के उल्लघंन के मामले में कड़ी कार्रवाई की जायेगी उन्होंने कहा कि इसलिए सभी राजनीतिक दलों और अधिकारियों को आचार संहिता का पालन करने को कहा गया है चूनाव के मद्देनज़र चंडीगढ़ में दो दिन के दौरे पर आये मुख्य चूनाव आयुक्त दौरे के आखिरी दिन एक पत्रकार वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे श्री अरोड़ा ने कहा कि सरकारी मशीनरी के द्रूप्रयोग पर भी आयोग कड़ी कार्रवाई करेगा उन्होंने कहा कि हरियाणा में निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से स्रक्षित माहौल में चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से मुख्य सचिव और प्लिस महानिदेशक के साथ भी बैठक की गई है और उन्होंने पूर्ण स्रक्षा का भरोसा दिलाया है

उम्मीदवारों के च्नाव खर्च की सीमा पर कोई बदलाव नहीं किया गया है फेक और पेड न्यूज़ बारे राजनीतिक दलों दवारा जताई गई चिंता पर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर देखने वाली संस्थाओं से बात की गई है और उन्हें समय संहिता का पालन करने को कहा गया है राजनीतिक दलों दवारा क्छ लोक सम्पर्क अधिकारियों की निय्क्ति पर कल उठाई गई आपत्ति के बाद दस लोगों का तबादला कर दिया गया है और एक शिक्षा अधिकारी के विरूदव आई शिकायत के मामले में रिपोर्ट का इंतजार किया जायेगा उन्होनें ये भी बताया कि स्वीप के लिए अतिरिक्त पैसा म्हैया करवाया गया है च्नाव आय्क्त ने ये भी बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव में पहली बार वी वी पैट का प्रयोग होगा और राजनीतिक दलों की वी वी पैट को खिड़की से दूर रखने की मांग पर भी गौश्र किया जा रहा है पंजाब हरियाणा में नशों की पकड़ी गई बड़ी खेप पर उन्होंने कहा कि इस विषय पर दोनों राज्यों के आबकारी एवं कर विभाग के अधिकारियों की संय्क्त बैठक ली है और दोनों ने बेहतर तालमेल का भरोसा दिलाया है कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे च्के कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा है कि कांग्रेस अपने सबसे ब्रे दौर से ग्रज़र रही है और पार्टी को चिंतन और मनन की जरूरत है अशोक तंवर आज चंडीगढ़ में एक पत्रकारवार्ता को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने पार्टी के अंदर कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हये कहा कि कांग्रेस में य्वाओं को आगे बढ़ने से रोक जाता है अगर कोई आगे बढ़ जाता है तो उसे खत्म कर दिया जाता है श्री तंवर ने ये भी कहा कि राहल गांधी स्वंय इसके शिकार है उन्होंने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस के अंदर क्छ लोग ही अन्य राजनीतिक दलों की मदद करके कांग्रेस कांग्रेस मुक्त भारत के लिए काम कर रहे है

उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी में उनकी कोई भूमिका नहीं थी टिकट आंबटन को लेकर एक तर फा फैसला किया गया और उन द्वारा दी गई सूचि पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया तंवर ने कहा कि टिकट बंटवारे में नियम कायदों को ताक पर रखा गया किसी अन्य पार्टी में जाने बारे पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें कई पार्टियों ने सम्पर्क किया था लेकिन फिलहाल वे किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे और भविष्य में हालात व संभावनाओं के म्ताबिक फैसला लेंगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस में प्रतिनिधित्व के मामले में कई समूदायों को नकार दिया गया है उन्होंने कहा कि वे राजनीतिक में स्वच्छता की लड़ाई लड़ेगे और किसी भी पार्टी के जो साफ और स्व्च्छ छवि वाले उम्मीदवार होंगे उनका समर्थन करेंगे

रोहतक में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हये उन्होंने कहा कि आज कोई भी वर्ग इस सरकार से संत्ष्ट नहीं है

आज सोनीपत में डेढ़ दर्जन स्थानों पर न्क्कड़ सभाओं को सम्बोधित करते हये भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि क्षेत्र की जनता ने उन्हें बीते च्नाव में जो आर्शीवाद दिया था उसी के परिणाम रूवरूप वह शहर में विकास के रफ्तार देने में कामयाब रही है उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री यागी आदित्य नाथ कल सोनीपत से जनसभा को सम्बोधित करेंगे

म्ख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने बताया कि कल उत्तरप्रदेश के म्ख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ बीजेपी प्रत्याशी कविता जैन के पक्ष में जनसभा करने आ रहे है भारत के म्ख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने आज चंडीगढ़ में व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और च्नावी भागीदारी कार्यक्रम स्वीप के तहत आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उदघाटन तथा स्वीप एक्शन प्लान प्स्तक का विमोचन किया इसके अलावा आडियो जिंगल्स एवं टीवी कैंपेन को भी लांच किया इस अवसर पर निर्वाचन आयक्त श्री अशोक लवासा और श्री सुशील चंद्रा हरियाणा के म्ख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अन्राग अग्रवाल के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे श्री अरोड़ा ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और संबंधित जिलों में चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान की विस्तार से जानकारी ली

मरने वालों की पहचान रवि और दिलबाग के तौर पर हुई है सभी घायल मजदूरों को हांसी के सामान्य अस्पताल में दाखिल करवाया गया है जहां से चार को हिसार रैफर किया गया है पुलिस सूत्रों के अनुसार मजदूर एक आटो रिक्शा में बैठे थे जबकि ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी और दो की मौत हो गई प्लिस ने मौके पर पहंच कर शवों को अपने कब्जे में लिया और पोस्ट मार्टम के लिए हांसी के सामान्य अस्प्ताल भेज दिया द्र्घटना के बाद से ही ट्रक डाईवर भाग गया उधर भिवानी महम रोड़ पर गांव चांग के पास ट्रक व कंटेनर की आमने सामने भिडंत में एक की मौत हो गई व तीन घायल हो गए ट्रक चालक घायल को पीजीआई रोहतक रैफर किया गया निर्वाचन आयोग दवारा यमुनानगर जिला के चारों विधानसभाओं क्षेत्रो में प्रत्याशियों द्वारा किये जा रहे च्नाव खर्च पर नज़र रखने के लिए टी शेखरन को खर्च पर्यवेक्षक तैयात किया गया है श्री शेखरन ने आज जगाधरी में च्नाव लड़ रहे प्रत्याशियों के च्नावी खर्च की समीक्षा की और खर्च से सम्बधित आवश्यक दिशा निदेश भी दिये

उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों दवारा किये जा रहे च्नाव प्रचार पर विडियो सर्विलांस टीमें गठित की गई जो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में की जा रही च्नावी सभाओं रैलियों रोड शो व न्क्कड़ सभाओं की वीडियो रिकार्डिंग कर रही है भिवानी के जिलाधीश सुजान सिंह ने दीपावली पर्व के चलते आतिशबाजी के क्रय विक्रय एवं भंडाराण के लिए अस्थायी ब्थ स्थापित करने तथा विस्फोटक के नियमों के अंतर्गत बरती जाने वाली सुरक्षा सावधानियों को अपनाने के आदेश जारी किए है जिलाधीश द्वारा जारी आदेशान्सार आतिशबाजी को गैर ज्वलनशील पदार्थ से बेने शेड में रखा जाना चाहिए जो स्रक्षित हो आतिशबाजी के स्थान और बिक्री के लिए शेड एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी पर और किसी भी संरक्षित कार्य से पचास मीटर की दूरी पर होंगे